उनका पार्थिव शरीर भाजपा मुख्यालय पर रखा गया है जहां राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के अलावा श्रीमति स्वराज के बड़ी संख्या में समर्थक श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड विश्रामघाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा श्रीमति स्वराज को कल रात दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था जहां उनका देर रात निधन हो गया

श्रीमति स्वराज के निधन पर राज्यसभा में आज उन्हें श्रद्वांजलि दी गई और बाद में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई मध्यप्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद चुनी गई श्रीमति सुषमा स्वराज को श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिये उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वैंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हेमा मालिनी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक जताया है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

वहीं विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति नरसिंहपुर में और विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कांवरे बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी जरा याद करो कुर्बानी प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मणीर्य वीर गाथाओं पर केन्द्रित खास श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज शाम प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में सुनिये तात्या टोपे के शौर्य की कहानी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमें बच्चों को नई पीढ़ी से जोड़ना होगा आज शिक्षा प्राप्त करने के तरीके बदले हैं आगे पांच साल में और भी बदलाव होगा इसलिये हमारी आदत में होना चाहिये की रोज हम क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है

यह शिविर आज कलेक्टर कार्यालय में लगाया गया

सफल प्रतिभागियों को पर्यटन स्थलों पर सैरसपाटा करने का अवसर मिलेगा